आधा दर्जन अफसरों के विभाग भी बदले गये

कमलनाथ पुलिस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि पुलिस बल में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की जाये भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचें मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति जीरो टालरेंस रखें जाने के निर्देश दिये वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में श्री नाथ ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये समग्र दृष्टिकोण के साथ रणनीति बनाने को कहा उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के नियंत्रण के लिये संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जाये श्री नाथ ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि गुड गवर्नेस का प्रमुख आधार पुलिस बल है राज्य की छवि पुलिस व्यवस्था पर निर्भर है

साथ ही आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों और नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी दी ताबादले प्रदेश के समस्त निगमों मंडलों प्राधिकरणों समितियों परिषदों और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक सदस्यों के लिये किये गये मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरास्त कर दिये गये है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके अलावा प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल किया है आज आधा दर्जन अफसरों के विभाग बदले गये जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पी नरहरि को जनसंपर्क विभाग विमानन विभाग का सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे हालांकि उनसे तकनीकी शिक्षा विभाग कौशल विभाग और रोजगार विभाग प्रभार ले लिया गया छिंदवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मोरे को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भेजा गया है वहीं पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पद पर तैनात शंशाक गर्ग को छिंदवाड़ा जिले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है

डिमेंशिया क्लीनिक भोपाल के शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की जरारोग इकाई द्वारा डिमेंशिया मानसिक समस्याओं के निदान के लिये अभियान चलाया जा रहा है डिमेंशिया के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में डिमेंशिया क्लीनिक की भी स्थापना की गई है डिमेंशिया रोग की जानकारी रोकथाम एवं उपचार के इच्छुक लोग चिकित्सालय की जरारोग इकाई में अपना पंजीयन करवा सकते हैं

चोरी का पता उस वक्त चला जब व्यापारी ने बैतूल में सुबह अपना बैग चैक किया बताया जा रहा है कि व्यापारी दो दिन पहले गहने खरीदने के लिए मुंबई गए हुए थे कल शाम वे मुंबई से पंजाब मेल से इटारसी के लिए रवाना हुए

आज सुबह बैतूल के पहले उनकी नींद खुली उन्होंने अपना बैग चैक किया तो बैग कटा हुआ था और उसमें से गहने गायब थे व्यापारी ने इटारसी स्टेशन पर जीआरपी को घटना की जानकारी दी जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है

भोपाल में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता के समक्ष जो झूठ फैलाने की कोशिश की उसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया उन्होने कहा कि नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिये सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह की अगुवाई में शहर के पीली कोठी मैदान पर प्रदर्शन किया गया इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल मुददें पर भ्रम फैलाया है अशोकनगर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौपा उधर उज्जैन में स्थानीय टावर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वहीं रायसेन में भी राफेल मुद्दें पर भाजपा ने प्रदर्शन किया दतिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा

बालरंग भोपाल में आज से राष्ट्रीय बालरंग शुरू हो गया है

लोक नृत्य प्रतियोगिता में जो संभाग प्रथम स्थान पर रहेगा वह मध्यप्रदेश की ओर से राष्ट्रीय बालरंग प्रतियोगिता में लोक नृत्य की प्रस्तुति देगा साथ ही मध्यप्रदेश के डेढ़ सौ स्काउट गाइड भी बालरंग में भाग ले रहे हैं समारोह में बच्चों के लिये करियर कांउसलिंग की व्यवस्था भी की गई है मौसम प्रदेश में ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है राज्य में बर्फीली हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में कडाके की सर्दी पड़ रही है नरसिंहपुर सिवनी शाजापुर राजगढ़ श्योप्रकलां और उज्जैन में कल कोल्ड डे रहा वहीं खज्राहो बैतूलभोपाल रतलातदतिया और ग्वालियर में कल शीतलहर का प्रभाव रहा प्रदेश में न्यूनतम तापमान रीवाशहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में काफी गिरे वहीं सागर भोपाल उज्जैन और होशंगाबाद संभाग के जिलों में सामान्य से काफी कम रहे

मौसम विभाग ने अभी अगले दो दिनों तक शीतलहर इसी तरह बनी रहने का अनुमान जताया है वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है चंबल ग्वालियर मंदसौर और नीमच जिलों में बुंदाबादी के आसार है प्रदेश के अनूपपुर शहडोल डिण्डोरी और टीकमगढ़ जिलों में शीतलहर के साथ कोहरा छाये रहने की भी संभावना है

जिसमें चयनित सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों की समीक्षा की जायेगी

इसी कड़ी में कल स्व सहायता समूह की महिलाओं की कार्यशाला आयोजन किया गया